भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच वीरवार को होने वाले वन डे मैच के लिए दोनों टीमें आज धर्मशाला पहुंची क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह

होली प्रदेश भर में आज रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हालांकि कोरोना वायरस को लेकर लोगों ने काफी एहतियात बरती और अनेक स्थानों पर फूलों से होली मनाई गई शिमला स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में चम्बा बस हादसे को लेकर सादे तरीके से होली मनाई गई और सिर्फ गुलाल लगा कर होली की रस्म को निभाया गया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उनकी खुशहाली की कामना की

उन्होंने कहा कि होली हमारे देश का पारंपरिक त्यौहार है और यह सारे गम भुला कर प्रेम का संदेश देता है सोलन में भी कोरोना वायरस के खौफ के बीच लोगों ने फूलों की होली मनाई कोटला नाला स्थित शिव मंदिर में होली उत्सव की धूम रही

चार यात्रियों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल एक यात्री ने चंबा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा दो गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रैफर किया गया है

सभी मृतक चम्बा जिले के रहने वाले थे जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों के शवों और घायलों को खाई से बाहर निकाला राज्य सरकार ने दुर्घटना के कारणों के जांच के आदेश दिए हैं हालांकि बस चालक का कहना है कि ब्रेक फेल होने से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और विधायक पवन नैय्यर ने इस दुर्घटना पर गहरा दुःख जताया है मुख्यमंत्री ने प्रशासन को घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं

बाड़ा गांव के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी दुर्घटना में एक बुजुर्ग महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि हादसे में घायल आठ वर्षीय बालक की मौत मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में हुई इस हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए है जिनमें से एक को पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया है

हिमाचल क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने गग्गल हवाई अड्डे पर टीमों के खिलाड़ियों का स्वागत किया एचपीसीए के प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है कप्तान विराट कोहली और अन्य खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे दोनों टीमें कल धर्मशाला स्टेडियम में अभ्यास करेंगी

महेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने हर घर को नल के माध्यम से जल देने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि जल शक्ति मिशन के अंतर्गत पूरे देश में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है जल शक्ति मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की है और युवाओं को इनका लाभ उठाना चाहिए

कोरोना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एक सौ से अधिक देशों में घातक कोरोना वायरस के फैलने के बाद इसके वैश्विक महामारी बनने का खतरा बढ़ गया है हालांकि संगठन ने यह भी कहा कि अब भी इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है

नम्बर प्लेट अदालत के आदेश पर वाहनों पर अंकित पदनाम और अन्य अनाधिकृत लिखावट को हटाया जा रहा है किन्नौर के पुलिस अधीक्षक एसआर राणा ने कहा कि जिन वाहनों पर पुलिस प्रैस वकील आर्मी और देवी देवताओं के नाम लिखे होंगे पुलिस उन्हें हटाने के लिए अभियान चलाएगी